आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हए श्री नायड् ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उन्नीस सौ तिरानवे में चार सौ उन्सठ शिकायतें मिली थीं जिनकी संख्या दो हजार सत्रह अट्ठारह में बढ़कर उन्यासी हजार छः सौ बारह हो गई इनमें से चौंसठ हजार छः सौ सत्तर मामलों को निपटारा किया जा चुका है श्री नायरू ने कहा कि यह लोगों में अपने अधिकारों के प्रतिबढ़ती हुई जागरूकता का संकेत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन और सौभाग्य योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो अक्टूबर दो हजार अट्ठारह तक चौतीस जिलों को ओडीएफ घोषित किये जाने की स्थिति में हैं शेष इकतालीस जिलों को भी ओडीएफ करने के लिए तीस नवम्बर तक का लक्ष्य दिया गया है मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा सौभाग्य योजना के जिलेवार प्रगति की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहे थे मुख्यमंत्री ने इज्जत घर निर्माण में ओवर रिपोर्टिंग करने वाले जिलों के डीपीआरओ को सचेत करते हुए कहा कि वे इसे पन्द्रह अक्टूबर तक हर हाल में ठीक करें मुख्यमंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत लामार्थियों को दिये जाने वाले विद्युत संयोजनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश को इकतीस दिसम्बर दो हजार अटठारह तक विद्यतीकरण करने के लिए कृत संकल्यित है उन्होंने कहा कि आगामी छबीस जनवरी दो हजार उन्नीस को राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लाभार्थियों के साथ वृहद दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों को विद्युत उपलब्ध करा कर उनके जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहती है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी स्वार्थ के देश और पार्टी के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के लोग सोशल मीडिया पर बगैर किसी तथ्यों के झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हए श्री मौर्य ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने सत्ता का सदैव द्रूपयोग किया है और आगामी चुनावों में उनकी स्थिति दो हजार चौदह से भी ज्यादा खराब होगी बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कहा कि आगामी चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए महायुद्व है वस्तु और सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत राजस्व की वसूली में इस वर्ष अगस्त के मुकाबले सितंबर में वृद्वि हुई है अगस्त में तिरानवे हजार छः सौ नबे करोड़ रुपये इकट्ठा हुए थे जबकि सितम्बर में चौरानवे हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि एकत्रित हुई एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सितंबर में जीएसटी के अंतर्गत क्ल चौराबने हजार चार सौ बयालिस करोड़ रुपये प्राप्त हुए रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि त्यौहारों के मौसम में नकदी की मांग पूरी करने के लिए वह इस महीने सरकारी बांडों की खरीद के जरिए छत्तीस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा आज एक विज्ञप्ति में बैंक ने कहा कि ओपेन मार्केट ऑपरेशंस ओमओ के तहत सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने का जो फैसला किया गया है वह टिकाऊ तौर पर नकदी की आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित है ओएमओ के तहत सरकारी बांडों की खरीद के लिए इस महीने के दूसरे तीसरे और चौथे सप्ताह में नीलामियां की जाएंगी केन्द्र ने देश में अगले चार वर्षो के दौरान पांच हजार कम्प्रेस्ड जैविक गैस संयंत्र लगाने की योजना बनाई है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में यह घोषणा की उन्होंने टिकाऊ और वहन करने योग्य परिवहन पहल सतत की शुरूआत की

इससे छः यात्रियों की मैके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये फैजाबाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुयी लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के आश्रितों तथा घायलों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा समुचित इलाज कराने के निर्देश भी दिये हैं